् मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के दौरे पर जैसलमेर में बाबा रामदेव की समाधि के किये दर्शन

देशभर में आज पहला जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से थोड़ी में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पांच हजार जन औषधि भण्डारों के संचालकों और इस कार्यक्रम के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे देश के छह सौ बावन जिलों में पांच हजार से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केन्द्र काम कर रहे हैं रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में बताया कि पिछले तीन वर्षो में जेनेरिक औषधियों की बाजार में हिर्स्सदारी में तीन गुना बढ़ोतरी हई है जो दो प्रतिशत से बढ़कर सात प्रतिशत हो गई है

यहां उन्होंने लोकदेवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की कामना की इससे पहले मुख्यमंत्री का हैलीपैड पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद और जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया

वर्षो से शौर्य पदक सेना मेडल पुलिस पदक और युद्ध आश्रितों को उप निवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन के प्रकरण लम्बित थे

अगर आज चांद दिखाई दिया तो इसके साथ ही उर्स की रस्में शुरु हो जायेंगी अगर चांद दिखाई नहीं दिया तो जन्नती दरवाजा रात को वापस बंद कर दिया जायेगा और कल सुबह खोला जायेगा इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से दरगाह शरीफ पर चादर पेश की गई केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री की ओर से चादर पेश कर उनका संदेश पढ कर सुनाया इसके बाद श्री नकवी ने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया उधर उर्स में भाग लेने के लिए देशभर से जायरीन के पहंचने का सिलसिला जारी है

सचिव ने बताया कि बोर्ड ने परीक्षा में नकल रोकने के लिए अपने स्तर पर साठ उड़न दस्तों का गठन किया है जबकि जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर सवा सौ से ज्यादा उड़न दस्ते बनाए गए हैं

वहीं सीटीजन फीडबैक में यह देश में पहले स्थान पर आया है राज्य के स्वच्छ भारत मिशन निदेशक पवन अरोडा और डूंगरपुर नगरपरिषद के सभापति केके गुप्ता को इसके लिए अवार्ड दिया गया

मनरेगा आयुक्त पीसी किशन ने इस बारे में सभी ज़िला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं उन्होंने कहा कि अभियान के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत पर दो दिवसीय काम मांगों शिविर का आयोजन किया जाएगा

इस दौरान वोट बारात और साइकिल रैली जैसे आयोजन किये जा रहे हैं